भाजपा ने बजट को विकासोन्मुखी बताया जबकि कांग्रेस ने निराशाजनक करार दिया और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था सुगम बनाने के लिए विशेष योजना लागू करेगी राज्य सरकार

बुनियादी ढांचे का विकास भारत को पचास खरब डालर वाली अर्थव्यवस्था बनाने की परिकल्पना किसान कल्याण और जल सुरक्षा बजट की मुख्य बातें हैं भारत की अर्थव्यवस्था को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने की परिकल्पना प्रस्तुत करते हुए बजट में ग्रामीण जीवन में बदलाव लाने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को आसान बनाने विभिन्न प्रकार के संपर्क के जरिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने भारत की आंतरिक क्षमताओं के उपयोग और सॉफ्ट पावर के रूप में भारत के विकास का लक्ष्य रखा गया है दो करोड़ रूपये तक की व्यक्तिगत आमदनी पर आयकर में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है दो करोड़ से पांच करोड़ रूपये की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों पर लगने वाले अधिभार में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है पांच करोड़ से अधिक कर योग्य आय पर अधिभार में सात प्रतिशत की वृद्धि की गई है

सड़क रेल जल परिवहन और हवाई संपर्क बढ़ाने के कार्यक्रमों के लिए बजट में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं भारत माला परियोजना के दूसरे चरण की शुरूआत की जाएगी जिसके अंतर्गत देश भर में सड़क संपर्क का विस्तार किया जायेगा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत दूसरे चरण में करीब दो करोड़ मकानों के निर्माण का प्रस्ताव है

इसके लिए स्थानीय स्तर पर प्रबंधन वर्षा जल संचय और भूमिगत जल का स्तर बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया है व्यक्तिगत आयकर की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है

आज शिमला में एक पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने इस प्रस्ताव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया

राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक कृषि से पर्यावरण और जल संरक्षण के अलावा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में मदद मिलेगी

आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हिमाचल के लिए बजट आबंटन में छः दशमलव तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है जयराम ठाकुर ने इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार जताया मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए पैंशन योजना आरंभ करना ऐतिहासिक कदम है भारत माला परियोजना के दूसरे चरण के तहत राज्यों में सड़क नेटवर्क को सुदृढ और इनके रखरखाव के लिए नई नीति बनाने के निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों को लाभ मिलेगा

सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि बजट से गरीब को बल और यूवाओं का बेहतर कल सुनिश्चित होगा वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ध्रमल ने कहा है कि केंद्रीय आम बजट भारत को आर्थिक विश्व शक्ति बनने की राह पर अग्रसर करेगा

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने भी बजट को विकासोन्मुखी बताया है

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के विकास के लिए बजट में कोई भी योजना नहीं है और विदेशी निवेश पर जोर दिया गया है उन्होंने कहा कि देश की अपनी बाजार व्यवस्था को पूरी तरह से अनदेखा किया गया है राठौर ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में एफडीआई का विरोध करने वाली भाजपा सरकार आज देश में इसी को बढ़ावा दे रही है

परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज शिमला में बताया कि इस योजना के तहत ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने के उदेश्य से ड्राई लीज पर रूट परमिट दिए जाएंगे